स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत को प्राप्त इन सामग्रियों के आवंटन की सम्चित व्यवस्था की गई है इसके अलावा विदेशों से अन्दान सहायता और दान के रूप में मिल रही कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए मंत्रालय में एक विशेष समन्वय सेल बनाया गया है

उन्होंने लोगों से यह स्निश्चित करने को कहा है कि मास्क में डबल या ट्रिपल लेयर फेबरिक हो म्ख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अन्सार दोनों मास्क एक ही तरह का नहीं होना चाहिए और बेहतर स्रक्षा के लिए सर्जिकल मास्क के उपर कपड़े के मास्क लगाना चाहिए उन्होंने लोगों से पारदर्शी या गंदे मास्क नहीं पहनने की अपील की

उन्होंने विभिन्न एजेंसियों और कॉरपोरेशन की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार सात सौ छिहत्तर हो गई है और रिकवरी दर घटकर नब्बे दशमलव पांच पांच प्रतिशत रह गई है पिछले चौबीस घंटे में राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार चार सौ सतहत्तर सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक चौसठ लोअर दिबांग वैली से सत्ताईस लोअर स्बनसिरी से बीस वेस्ट कामेंग और अंजाव से पंद्रह पंद्रह चांगलांग से ग्यारह लोअर सियांग से नौ नामसाई से आठ ईस्ट सियांग से सात लोहित तवांग पाप्मपारे से छह छह दिबांग वैली तिराप और वेस्ट सियांग से पांच पांच अपर स्बनसिरी से तीन ईस्ट कामेंग और लेपारादा से दो दो पाक्के केसांग क्रा दादी कामले और लोंगडिंग जिले से एक एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगियों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग से इक्कीस लोअर दिबांग वैली से बीस राजधानी ईटानगर क्षेत्र से सोलह पाप्मपारे से छह नामसाई और तवांग से तीन तीन चांगलांग और तिराप से दो दो दिबांग वैली लोअर स्बनसिरी और वेस्ट सियांग से एक एक रोगी शामिल है बुधवार को राज्य के चेक गेट्स पर एक हजार छह सौ सत्ताईस और फ्लू क्लीनिक में एक हजार आठ सौ चौतीस कोविड जांच किए गए

इस बैठक में जिले में कोविड जांच टीकाकरण और एस ओ पी के शक्ति से पालन पर भी चर्चा की गई तवांग से सभी नगरीय क्षेत्रों के बाजारों में एस ओ पी के अन्सार सशोल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने मास्क लगाकर ही द्रकानदारों से सामान बेचने और ग्रहकों से भी इस नियम का पालन करने के लिए स्थानीय संगठनों के सहयोग से जाग़रुक किया जा रहा है

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल में लुप्त प्राय पक्षी का पाया जाना राज्य की स्वस्थ वन जैव विविधता को दर्शाता है